प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि केन्द्र सरकार किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध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

मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

चुनाव आयुक्त पीएस मेहरा ने बताया कि आज नामांकन के आखिरी दिन सबसे ज्यादा नामांकन पत्र प्राप्त हुए

नाम वापसी के समय समाप्ति के तुरंत बाद उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किये जायेंगे

टोंक में आज जिला परिषद में सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने सरोज नरेश बंसल को जिला प्रमुख के पद का कार्यभार ग्रहण करवाया प्रतापगढ़ में नव निर्वाचित जिला प्रमुख इंदिरा मीणा ने मडावला में कहा कि उनकी प्राथमिकता बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने पर रहेगी

दौसा और करौली में आज संक्रमण का कोई नया मामला रिकॉर्ड नहीं हुआ

आयुर्वेद मंत्री डॉ रघु शर्मा ने कहा कि इन केन्द्रो में होम्योपैथिक आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा पद्धति के जरिए कोर्रोना में पॉजिटिव से नेगेटिव आए मरीजों का विशेषज्ञों द्वारा उपचार किया जाएगा

उन्होंने बताया कि इन स्थानों पर पीपीई मोड पर अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त योग केंद्र खोले जाएंगे

कोरोना से बचाव के बारे में जागरूक करते हुए नई दिल्ली के लेडी हॉडिंग मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञ डॉ मधुर यादव ने सभी से एहतियाती उपायों का पालन करने की अपील की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

केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि देश में कृषि सुधार के लिए लाए गए कानुनों का लाभ किसानों को मिलने लगा है वे आज एग्रोविजन फाउंडेशन द्वारा आयोजित कृषि खादय प्रसंस्करण समिट का वर्चअल शुभारंभ के मौके पर बोल रहे थे

वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख व्यक्तियों में से एक थे और राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए उनका योगदान बहुत बड़ा है

एक तरफ जहां प्रदेश में रात को तापमान में तीन से चार डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है तो दूसरी तरफ कई जिलों में घने कोहरे का असर भी देखा गया

कोटा के जेके लोन अस्पताल में बच्चों की मौत मामले में अस्पताल अधीक्षक डॉ एससी दुलारा को हटा दिया गया है सरकार ने उनके स्थान पर डॉ अशोक मूँदड़ा को अस्पताल का अधीक्षक नियुक्त किया है

परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने इस मामले में परिवहन अधिकारियों को जिम्मेदार मानते हुए परिवहन आयुक्त रवि जैन को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए थे